इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रकृति के साथ सामंजस्य से भविष्य बेहतर होगा

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा जल स्रोतों के प्नर्जीवन पर विशेष ध्यान देना होगा

आज का अभियान नहीं हो सका सफल

पर्यावरण दिवस को लेकर इस वर्ष की थीम वाय प्रद्षण है जो इस समय का सबसे घातक प्रद्षण है पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने स्वच्छ पर्यावरण के लिए देश की प्रतिबद्वता दोहराई है प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रकृति के साथ सामांजस्य से भविष्य बेहतर होगा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में पर्यावरण भवन में एक पौधा लगाया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने और ताजी हवा लेने के लिए लोगों को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए पर्यावरण मंत्री ने देश के राजमार्गों के किनारे सवा सौ करोड़ वृक्ष लगाने के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के फैसले का स्वागत किया

आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिन्दाल नदी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम शुरू किया साथ ही जटायू नाम के वैक्यूम क्लीनर वाहन को हरी झण्डी दिखाई

कार्यक्रम में शामिल लोगों को उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई मुख्यमंत्री ने कहा कि नए बांधों और झीलों के निर्माण की दिशा में सरकार काम कर रही है सूर्यधार सौंग और मलदूग बांध बनाये जा रहे हैं पौड़ी गैरसैंण अल्मोड़ा में झीलें बनायी जा रही हैं उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण व पानी उपलब्ध हो इसके लिए हमें जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण पर विशेष ध्यान देना होगा कार्यक्रम में मौजूद पर्यावरण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के सपने को हम सबको मिलकर पूरा करना होगा स्वच्छ अभियान राज्य राज्यभर में आज विशेष स्वच्छता अभियान के साथ ही वृक्षारोपण किया गया देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने विधानसभा परिसर में पौधारोपण किया और सभी प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया उत्तरकाशी की सभी ग्राम पंचायतों निकायों के साथ ही जिला मुख्यालय में भी स्वच्छता अभियान और पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए

साथ ही स्वजल विभाग ने लोगों को कपडे के थैले वितरित किए चमोली में पौधरोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया छोटे बच्चों ने पौधरोपण कर हरियाली का संदेश दिया उधम सिंह नगर की सभी तहसीलों और विकास खण्डों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित ने लोगों से अपील कीकि कूड़े को तय जगह पर ही डालें और पॉलीथिन का इस्तेमाल न करें स्वच्छ अभियान राज्य जारी टिहरी के सभी नगरीय और ग्रामीण निकायों में अधिकारियों कर्मचारियों स्कूली छात्र छात्राओं व्यापारियों और स्वंय सेवी संस्थानों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया अल्मोड़ा में भी आज विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा कि यदि हम अपने आस पडोस में साफ सफाई रखेंगे तो पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी हरिद्वार में भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आम लोग स्वच्छ भारत मिशन में शामिल हुए

पिथौरागढ़ जिला प्रशासन और आईटीबीपी ने सयुक्त प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी

जिसके बाद टीम ने रेस्क्यू अभियान को स्थगित करने का फैसला लिया जिलाधिकारी ने बताया कि अब शवों के रेस्क्यू के लिए आईटीबीपी वायु सेना एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ मिलकर नई योजना बनाई जा रही है जिसमे रेस्क्यू टीम को नंदा देवी पीक के आसपास किसी सुरक्षित जगह पर उतारा जायेगा और फिर वहाँ एक तयशुदा समय पर अभियान को अंतिम रूप दिया जायेगा आईटीबीपी के डीआईजी ने कहा कि हमारे पास ट्रेंड पर्वतारोही है जो इस काम में निपुण है लेकिन मौसम और विकट परिस्तिथियों में उनकी भी अपनी सीमाएं हैं उन्होंने कहा कि रेस्क्यू दौरान आने वाली परेशानियों का बारीकी से अध्ययन करके ही नई योजना बनाई जाएगी और जल्द ही इस योजना को अंतिम रूप दे दिया जायेगा

जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया चार पर्वतारोहियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया हवाई तलाशी के दौरान पांच शव देखे गए थे ईद देहरादून ईद उल फित्र का त्योहार पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आज सभी ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई साथ ही मुस्लिम अकीदतमंदों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद बधाइयां दीं देहरादून में चकराता रोड स्थित ईदगाह में शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने की नमाज अता कराई उन्होंने कहा कि ईद प्रेम और भाईचारे का त्योहार है इस दिन इबादत में अपने मुल्क की अमन चौन की कामना करनी चाहिए